प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयक के संसद में पारित होने की सराहना की है उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी

प्रधानमंत्री ने कहा कि कई दशकों से दश के किसान बिचौलियों से त्रस्त थे

उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से किसानों का बड़े स्तर पर सशक्तिकरण होगा

क्रषि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मंडियों में कामकाज बंद नहीं होगा और ये पहले की तरह व्या पार करती रहेंगी मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि नई प्रणाली के तहत किसाना के पास मंडियों के अलावा अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प होगा राज्यसभा में कल कृषि विधेयक पारित कराये जाते समय हए हंगामे को लेकर सभापति एमवेंकैया नायडू ने विपक्ष के आठ सदस्यों को मॉनसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया है पहले उन्हें एक सप्ताह के लिए निलंबित किया गया था श्रो नायडू ने कल की घटना को अस्वीकार्य और निदंनीय बताया उन्होंने कहा कि इस घटना ने राज्यसभा की छवि धूमिल की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना को परास्त करने के लिये एक कदम आगे की रणनोति आवश्यक है

उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना पर नियंत्रण के लिये सभी व्यवस्थाएं कर रही है

उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आक्सीजन की आपूर्ति किसी भी दशा में बाधित न होने पाये मुख्यमंत्री ने लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के बारे में प्रचार प्रसार पर जोर देने की आवश्यकता बताई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

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रधानमंत्री द्वारा पिछले छह वर्षो से अधिक के कार्यकाल में उठाये गये अनेक कल्याणकारी कदम और उनका देश के विकास में योगदान का चित्रण प्रस्तुत किया जायेगा

हेलीकाप्टर का मलबा गांव के खेतों में मिला प्राप्त जानकारी के अनुसार हेलीकाप्टर रायबरेली के फरसतगंज उड़ान अकादमी से उड़ान पर था प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खराब मौसम के बीच आसमान में यह हेलीकाप्टर अनियंत्रित होकर खेतों में गिर कर टूट गया आकाशवाणी लखनऊ से सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक अरूण कुमार श्रीवास्तव का आज गाजियाबाद में निधन हो गया